और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने कहा है कि कोविड संकमित मरीजों से अधिक वसूलने वाले निजी अस्पतालों का लाइसेंस रदद कर दिया जायेगा

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निजी अस्पतालों में संक्रमितों के इलाज के खर्च की निगरानी कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संकमण के पहले दौर के समय ही राज्य के सभी जिलों को तीन श्रेणियों ए बी सी और निजी अस्पतालों को दो श्रेणियों एनएबीएच और नन एनएबीएच में बांटा गया है उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हए बेड की संख्या भी लगातार बढ़ायी जा रही है झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के नये मामलों में उतार चढ़ाव जारी है कल एक बार फिर छह हजार से अधिक मामले आये हालांकि स्वस्थ होने के आंकड़ों में वृद्धि भी देखी जा रही है

प्रतिदिन एक सौ से अधिक मौतें हो रही हैं

इधर राज्य में टीकाकरण कार्य भी जारी है

झारखंड को सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की एक लाख डोज कल आवंटित की गई

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना संकमण के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के मालखानों और थानों में जब्त सिलिंडर को रिलिज करने का आदेश दिया है उच्च न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कल सुनवाई करते हुए कहा कि जब्त सिलिंडरों को उपयोग में लाया जाये ताकि मरीजों की जान बचायी जा सके खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संकमण में काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है जानकारी के अनुसार अभी दो सौ से अधिक सिलिंडर जब्त किये हुए हैं पुलिस मुख्यालय भी सिलिंडरों की सूची तैयार करने के बाद इसे सभी जिला मुख्यालयों को सौंप देगा देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की दुलाई करने वाले सभी टैंकरों और कन्टेनरों का आवागमन टोल फ्री कर दिया गया है कोविड महामारी को देखते हुए पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हई है अगले दो महीने या अगले आदेश तक ऑक्सीजन ले जा रहे कंटेनरों को एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने कहा है कि फास्टैग लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा का समय लगभग शून्य हो गया है इसके अलावा चिकित्सा ऑक्सीजन के वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी अधिकारियों और पक्षधारकों को निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल से संथाल परगना प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोविड की स्थिति पर समीक्षा करेंगे

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के टिवटर हैंडल

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

भारतीय औषधि महानियंत्रक ने संगठन को इसके आपात उपयोग की अनुमति भी दे दी है

यह देवा एक पाउडर के रुप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है इसका विकास संगठन की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान ने डॉ रेड्डीज लेबोरेट्रीज को साथ मिलकर किया है अब तक के परीक्षणों से पता चला है कि यह दवा कोरोना मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और इसके सेवन से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम रह जाती है इसका उत्पादन भी आसान है और इसका उपयोग कोरोना के गंभीर मरीजों पर भी किया जा सकेगा संगठन में जीवन विज्ञान विभाग को महानिदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दवा के उपयोग के बाद कोरोना रोगी जल्दी उबर गए

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन औषधियों की क्षमता बहुस्तरीय नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से सिद्ध हुई है केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय अभियान शुरू किया कि ये औषधियां जरूरतमंद लोगों को पारदर्शी और कुशल तरीके से मिलें

यह राशि सभी त्रिस्तिरीय पंचायत राज संस्थाओं गांव ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इस राशि का उपयोग कर सकेंगी

पूरे जिले में लगभग पांच हजार लोगों की कोरोना जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सिविल सर्जन को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि दोनों में से एक कार्डियक एम्बुलेंस है वहीं दूसरा सामान्य एम्बुलेंस है दोनों का इस्तेमाल कोविड मरीजों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा भारत में विभिन्न गैर सरकारी संगठन और अन्य सामाजिक संगठन जल्दी ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी सामाजिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगे और कॉरपोरेट कंपनियों की तरह निधि अर्जित कर सकेंगे

तकनीकी समूह ने अपने सुझाव सौंप दिये हैं और सेबी ने इस रिपोर्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है आज विश्व कवि रबिन्द्रनाथ ठाकुर महान योद्वा महाराणा प्रताप और महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृ ष्ण गोखले की जयंती है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों को श्रद्वांजलि अर्पित की नोबल पुस्कार से सम्मानित गुरूदेव रबिन्द्रनाथ ठाकुर का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके अनुकरणीय आदर्श आज भी हर किसी को उनके सपनों का भारत बनाने की शक्ति और प्रेरणा दे रहे हैं